प्रधानमंत्री ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की बैठक में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने दो सप्ताह और लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में मौजूद रहे वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप की उपयोगिता को देखते हुए इसे डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए

तबलीगी जमात उत्तराखण्ड प्लिस ने तबलीगी जमात से ज्ड़े प्रकरण और लॉकडाउन के उल्लघंन के मामले में कार्रवाई की जा रही है

खेत खलिहान में आवश्यक काम से जाने वाले खेतिहर किसान भी एक दूसरे से दूरी बनाकर अपना काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संदेश का असर जिला स्तर से लेकर गांव तक साफतौर पर देखा जा रहा है जिले के ग्रामीण अंचलों में रबी की फसल पक कर तैयार हो च्की है कोरोना वायरस की वजह से इस बार किसान रबी की फसल को काटने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं पहले कई लोग मिलकर सामूहिक तौर पर एकद्सरे की फसल काटने में मदद किया करते थे लेकिन इस बार खेतों में दो से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं

आपको बता दें कि बागेश्वर में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं है

इस म्द्दे पर प्रदेश के म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह से हमारे संवाददाता राघवेश पांडेय ने बातचीत की

प्रोग्राम के तहत जिले ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो सर्दी ज्काम और ब्खार से ग्रसित हैं

ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के इस प्रोग्राम का सहयोग किया जा रहा है